उन्होंने कहा कि रेडियो की पहंच देश के हर कोने में है और लोग इसे पसंद करते हैं श्री जावडेकर ने कहा कि रेडियो को सूचना और मनोरंजन दोनों का माध्यम होना चाहिए

श्री जावड़ेकर ने कहा कि निजी एफएम चैनल आकाशवाणी के समाचार प्रसारित कर सकते हैं

उन्होंने पर्यावरण के बारे में कहा कि सरकार ने एक सौ दो शहरों के लिए स्वच्छ वाय कार्यक्रम तैयार किया है क्योंकि साफ हवा हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रकृति के पंचतत्वों के संरक्षण के प्रति वचनवद्व है श्रीजावडेकर के साथ हुई बातचीत का प्रसारण एफएम गोल्ड पर आज रात सवा नौ बजे से किया जाएगा

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित थे इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य सांसदों को अनुशासित रहने तथा संसद के बाहर और भीतर अपने आचरण के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है कार्यशाला में सभी नव निर्वाचित सांसदों को जन कल्याण से जुड़े मुददों को लोगों तक ले जाने के तौर तरीकों की जानकारी दी गई

जयपूर जिले के चाकस उपखंड और अजमेर जिले के किशनगंज उपखंड में ये योजना प्रायोगिक तौर पर चलाए जाएगी योजना के तहत छह साल से कम उम्र के बच्चों को रोजाना आठ रूपए और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली मांओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों या बाल देखभाल केन्द्रों से साढे नौ रूपए प्रतिदिन दिए जाएंगे यह फैसला राष्ट्रीय पोषण मिशन की समीक्षा बैठक में किया गया

आज जयपुर में सरकारी इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थानों में पौधारोपण के राज्यस्तरीय अभियान का शुभारम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का सम्भवतः पहला ऐसा राज्य है जहां छात्र छात्राओं को वक्षारोपण से जोड़ कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुक करने की अभिनव पहल की गई है

इस अवसर तकनीकी शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि वक्षारोपण और जल संरक्षण आज के समय की मांग है और आने वाले समय में संकट से बचने के लिए हमें इन पर ध्यान देना ही होगा

इस अवसर पर श्री कटारिया ने कहा कि शुद्ध पर्यावरण के लिए सभी को जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए पेड़ लगाने के साथ उसका संरक्षण करना भी आवश्यक है उन्होंने स्कुली विद्यार्थियों को वृक्षारोपण करने के प्रति जागरूकता लाने का आह्वान भी किया

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पूनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नारों की नहीं सरोकारों की पार्टी होगी और सदस्यता अभियान के साथ पार्टी कई सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों के विषय में भी जनजागरण का काम कर रही है

इस मौके पर बीकानेर उदयपुर और अन्य कई स्थानों पर मेले आयोजित किए जा रहे हैं

ये शाही सवारी पूरे लवाजमे के साथ परकोटे के मुख्य मार्गों से निकलेगी तीज के मौके पर आज प्रदेश की महिला विधायकों ने तीज लहरिया उत्सव मनाया रंग बिरंगे और लहरियां परिधानों में महिला विधायकों का यह गरिमामय आयोजन राजस्थान की लोक संस्कृति से ओत प्रोत रहा जिसमें लोक कलाकारों द्वारा लोक गीतों तथा लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां भी दी गई

राजसमंद जिले में इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद द्वारा ठक्रानी तीज मेले का आयोजन किया गया मेले में बच्चों और महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई

दौसा में सावन की तीज के अवसर पर नगर परिषद की ओर से शहर में पारंपरिक तरीके से तीज की सवारी निकाली गई ब्रंदी में भी तीज माता की सवारी पूरे शाही लवाजमे के साथ निकाली गई

मौसम विभाग ने जयपुर में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है वहीं नागौर अजमेर और सीकर में तेज बारिश की संभावना जताई है इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी अच्छी बारिश के समाचार हैं वहीं ज्यादातर पश्चिमी जिलों में बारिश नहीं होने के कारण उमस से लोग परेशान है

प्रशासन ने अच्छी बारिश के बाद जोधपुर से आने वाली वाटर ट्रेन को आगामी आदेशों तक रोक दिया है